चर्चा के दौरान किसानों के मौजूदा आंदोलन पर भी बहस हो सकती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड आंदोलन में शहीद हुए लोगों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति दी जायेगी इसके लिए सरकार नियमावली बनायेगी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

राज्यसभा और लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किसानों के मौजूदा आंदोलन पर भी बहस हो सकती है तीन नए कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन पर बहस की विपक्षी दलों की मांग को लेकर हुए शोर शराबे के बाद कल दोनों सदनों की कार्यवाही बिना किसी खास कामकाज के स्थगित कर दी गई थी कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया कि सरकार कृषि सुधार के तीन नए कानूनों पर संसद के बाहर और भीतर चर्चा के लिए तैयार है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड आंदोलन में शहीद हुए लोगों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति दी जायेगी इसके लिए सरकार नियमावली बनायेगी मुख्यमंत्री ने यह बातें कल दुमका के गांधी मैदान में आयोजित झामुमो के स्थापना दिवस पर कही

इसके लिए राज्य सरकार कानून बना रही है इस मौके पर झामुमो के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने झामुमो का झंडा फहराया और शहीद वेदी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये केंद्र सरकार ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में छह करोड़ टन धान की खरीद की है

कृषि मंत्रालय ने बताया कि झारखंड बिहार पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल गुजरात आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र असम और कर्नाटक में धान खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है

राज्य सरकार के कृषि विभाग की ओर से कृषि ऋण माफी योजना का राज्य स्तर पर कल जामताड़ा जिले से शुभारंभ किया गया है इसके तहत मात्र एक रुपये सेवा शुल्क चुका कर किसानों का पचास हजार तक का अधिकतम ऋण राशि प्रति लाभुक की स्वीकृति प्रदान की गई है जामताड़ा जिले के करमाटांड़ प्रखंड के ताराबहाल गांव के किसान मोलिंद्र बेसरा कृषि ऋण माफी योजना के पहले लाभुक बने हैं

सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़नेवाली सभी सड़कों को ट्र लेन करने का फैसला लिया है इन सभी पक्की सड़कों की चौड़ाई कम से कम दस मीटर होगी इसके अलावा सड़क के किनारे दोनों तरफ ढ़ाई ढ़ाई मीटर के फ्लैंक बनाये जायेंगे इस तरह से इन सड़कों की पूरी चौड़ाई करीब पंद्रह मीटर होगी पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने इससे संबंधित निर्देश सभी प्रमंडलों को दिये हैं उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अलग से जमीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं चार मई से इक्कीस मई तक आयोजित की जाएंगी प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी इससे पूर्व छह अप्रैल से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू होंगी यह जानकारी जैक अध्यक्ष ने दी वहीं सीबीएसई ने भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चार मई से लेने की घोषणा की है

प्रायोगिक परीक्षाएं एक मार्च से शुरू होंगी वहीं परीक्षा परिणाम पन्द्रह जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है

फ़ंट लाइन वर्करों में पुलसिकर्मी होमगार्ड सीआईएसएफ सीआरपीएफ आइटीबीपी बीएसएफ नगर निगम के कर्मी और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे राज्य के एक सौ तिरसठ केंद्रों पर टीकाकरण किया जायेगा

इसके बाद राजस्थान कर्नाटक और महाराष्ट्र में सर्वाधिक टीके लगाये गये राज्य में अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या कम हो रही है

कल कोरोना से दो लोगों की मौत हो गयी

वहीं कल धनबाद जिले से सात नए कोरोना संक्रमित मरीज भी मिले हैं कोरोना से मरनेवाला दूसरा मरीज सिमडेगा का रहनेवाला है

पहले अनुदान की राशि पच्चीस फीसदी थी युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सुजन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गयी है इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए सस्ती दर पर ऋण और अनुदान का लाभ देना है इसके साथ ही उद्यमिता विकास के लिए झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी निगम राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण देने की प्रक्रिया को लचीला बनाया जायेगा रांची से अहमदाबाद के लिए कल से सीधी विमान सेवा शुरू हो गयी है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि रांची से अहमदाबाद के लिये विमान सप्ताह में तीन दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी उन्होंने बताया कि शाम छह बजकर बीस मिनट पर अहमदाबाद से टेक ऑफ कर विमान शाम को सात बजकर चालीस मिनट पर रांची पहुंचेगा फिर यही विमान रांची से आठ बजकर बीस मिनट पर उड़ान भरेगा और नौ बजकर तीस मिनट पर अहमदाबाद पहुंचेगा इससे पहले अहमदाबाद जाने के लिए यात्रियों को वाया कोलकाता जाना पड़ता था करीब ग्यारह महीने बाद यात्री ट्रेनों में ऑनलाइन खाना मिलने की सुविधा फिर से बहाल हो गई

इनमें धनबाद रेल मंडल के धनबाद और चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं राज्य की निचली अदालतों में कल से फिजिकल सुनवाई शुरू हो गयी है झारखंड उच्च न्यायालय में चौदह जनवरी को इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी करीब दस महीने बाद फिजिकल सुनवाई हुई न्यायालय ने फिजिकल सुनवाई के लिए अदालतों को तीन श्रेणी में बांटा है जिन जिलों में कोरोना के पचास से कम सक्रिय केस हैं वहां पचास फीसदी फिजिकल कोर्ट बैठेगा वहीं जिन जिलों में पचास से सौ तक सक्रिय केस हैं वहां एक तिहाई फिजिकल और दो तिहाई वर्चुअल कोर्ट बैठेगा धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र के फुलारीटांड़ खटाल के पास कल शाम करीब छह बजे भाजपा और झामुमो समर्थक भिड़ गये

जिसमें दोनों पक्ष के करीब छह लोग जख्मी हुए मौके पर पहुंचीं डीएसपी निशा मुर्मू ने स्थिति को नियंत्रित किया पुलिस ने मौके पर से तीन खोखे बरामद किया झारखंड में शीतलहर फिलहाल जारी है यहां लगातार ठंड में बढ़ोत्तरी हो रही है हालांकि आज थोड़ी ठंड में कमी आयी है पांच फरवरी से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ की वजह से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की मुख्यमंत्री की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने गढ़वा जिले के डोमनी बराज योजना के रैयतों के दस करोड़ साइबर ठगों ने उड़ाये खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने झारखंड में तीन मार्च को बजट शराब पर दस प्रतिशत कोरोना सेस खत्म होगा खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री की घोषणा झारखंड में कोई नहीं रहेगा भूमिहीन को पहले पत्रे पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने हर क्षेत्र में किया जायेगा रोजगार का सुजन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है